लोकसभा संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है लोकसभा में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब म्खर्जी सहित अन्य दिवंगत सांसदों को श्रद्वांजलि दी गई लोकसभा ने देश की एकता अखंडता की रक्षा में वीरगति को प्राप्त सशस्त्र सेना अर्धसैनिक बलों के सैनिकों और प्लिस के जवानों को नमन किया कर्तव्य पथ पर बलिदान देने वाले कोरोना योद्वाओं का भी स्मरण किया गया कोरोना संक्रमण प्रकोप के बाद आज सदन की पहली बार बैठक हई

सचिवालय में आयोजित म्ख्यमंत्री सलाहकार समूह की पहली बैठक में म्ख्यमंत्री ने मेडिकल और मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए सुझाव आमंत्रित किये उन्होंने कहा कि ग्र्प के सभी सदस्यों के सुझावों पर गम्भीरता से कार्य किया जायेगा राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सलाहकार समूह स्थापित किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि उदयमिता नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राज्य में यह नई पहल की जा रही है जिसमें सरकारी के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के गैर सरकारी विशेषजों को शामिल किया गया है इन विशेषज्ञों की सलाह से राज्य के औद्योगिक विकास और हिमालयी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे बैठक में म्ख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि राज्य में सीएम इनोवेशन फण्ड बनाया गया है सीएम स्वरोजगार योजना में सोलर पॉवर फार्मिंग को भी शामिल किया गया है बैठक में समूह के सदस्य ने कहा कि मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में अनेक कार्य हो सकते हैं सबसे पहले बच्चों के मेंटल हेल्थ पर फोकस करना होगा बैठक में कहा गया कि राज्य में उदयमिता के विकास के लिए जो भी योजना बने वो राज्य की औगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बने साथ ही स्टार्टअप के तहत जॉब क्रिएशन पर विशेष ध्यान दिया जाए बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि उत्तराखण्ड के उत्पादों की अलग ब्रांडिंग हो साथ ही वैल्यू एडिशन पर भी विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है

विधायक हॉस्टल विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधायक हॉस्टल में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये हैं

विधानसभा अध्यक्ष ने आज राज्य संपत्ति के सचिव आरके सुधांशु और राज्य संपत्ति अधिकारी दीपेन्द्र चौधरी के साथ विधायक हॉस्टल में फैली अव्यवस्थाओं को सुधारने के संबंध में बैठक की उन्होंने कहा कि विधायक हॉस्टल में अव्यवस्थाओं को लेकर विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था विधायकों ने हॉस्टल की सुरक्षा स्वच्छता और तमाम अव्यवस्थाओं के बारे में शिकायत की थी विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को विधायक हॉस्टल की स्रक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और द्रुस्त करने के निर्देश दिए उन्होंने हॉस्टल में आने जाने वाले लोगों का पंजीकरण कराने के निर्देश भी दिये कोविड केयर सेंटर टिहरी टिहरी जिले में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों को आज से कोटी कालोनी स्थित साहसिक खेल अकादमी में बने कोविड केयर सेंटर में रखा जा रहा है जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि वर्तमान में राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्रसिंगधार में संक्रमितों को आइसोलेशन में रखा जा रहा है लेकिन कॉलेज में अब परीक्षाएं और एडमिशन सेशन शुरू हो रहा है जिसके बाद प्रशासन ने कोटी कालोनी में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं

अकादमी के छात्रावास में भी व्यवस्थाएं की गई हैं

इसके बाद वहां पर नए संक्रमित नहीं रखे जाएंगे पिथौरागढ़ कोविड पिथौरागढ़ जिले में आ रहे प्रवासी लोगों को मेडिकल परीक्षण और स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटीन किया जा रहा है इनकी रैंडम सैम्पलिंग कर कोरोना जांच की जा रही है

हिन्दी दिवस हिन्दी दिवस आज देशभर में मनाया जा रहा है

म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को हिन्दी दिवस की श्भकामनाएं दी है अपने संदेश में म्ख्यमंत्री ने कहा है कि देश की राजभाषा हिन्दी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है आज वैश्विक स्तर पर हिन्दी भाषा की स्वीकार्यता बढ़ी है किसी भी देश की मातुभाषा ही अपनी संस्कृति एवं परम्पराओं से जोड़ने में मददगार होती है उन्होने कहा कि हिन्दी भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यालयों और बोलचाल में सभी को हिन्दी का प्रयोग करना होगा उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर हिन्दी भाषा का और तेजी से प्रचार प्रसार हो इसके लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है

हिंदी को राजभाषा बनाए जाने को लेकर संविधान सभा में कोई विरोध नहीं था इसकी वजह से सिर्फ ढाई दिन की बहस के बाद हिंदी को राजभाषा के तौर पर स्वीकार कर लिया गया

इस बीच आकाशवाणी वन अन्संधान संस्थान सहित विभिन्न केंद्रीय संस्थानों और कार्यालयों में आज हिन्दी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किये गए गोदभराई कार्यक्रम रुद्रप्रयाग में गोदभराई कार्यक्रम का आयोजन कर गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था और पोषण की जानकारी दी गई गोदभराई कार्यक्रम में म्ख्य विकास अधिकारी मनविंदर कौर ने कहा कि गर्भावस्था के दौरान पेट में पल रहे शिश् को प्रसव के पहले पोषण और विटामिन की जरूरत है इसके लिए सभी पोषक तत्व को आहार के रूप में ले साथ ही जरूरी जांच और टीका लगाये मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में जन्म दोष को रोकने के लिए प्रसव पूर्व के विटामिन्स की रोजाना ख्राक लेनी होती है उन्होंने बताया कि फॉलिक एसिड ऐसा ही एक विटामिन है गर्भस्थ मां को महसूस होने वाली अस्विधा पर नजर रखने और उसे दूर करने के लिए चेकअप जरूरी है कार्यक्रम में उपस्थित ए एन एम ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को नियमित जांच करानी चाहिए इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं को पोषण की पूर्ण जानकारी दी गई

इस दौरान प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष खजानदास ने बताया कि सेवा सप्ताह का शुभारंभ आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ बूथ स्तर पर पूरे प्रदेश में शुरू कर दिया गया है आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने देहरादून में जगह जगह आंवले आम और लीची के पौधों का रोपण किया

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि लोग अपने विचार और स्झाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

हाईकोर्ट हरिद्वार में सरकारी भूमि पर बने चार बड़े धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए राज्य सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट से कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए महाकृंभ तक का समय लिया है